उन्होंने आज जालंधर में शहीद परिवार निधि के समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित करना हम सभी का कर्तव्य है कि शहीदों के परिवार सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश आज प्रगति और स्मृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे प्याज केंद्र सरकार ने बाजार में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए एक लाख टन प्याज के आयात का निर्णय लिया है खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम से प्याज का आयात करने को कहा गया है आयातित प्याज की देशभर में आपूर्ति के लिए नेफेड को भी निर्देश दिया गया है जनमंच चम्बा जिले में भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से लोगों के घरद्वार के समीप ही उनकी समस्याओं का तय समय में समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि हिमाचल शीघ्र ही देशभर में ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां हर घर में गैस कनेक्शन होगा उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश भी दिए बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन शहर व जिले के सुव्यवस्थित विकास को समय की मांग बताया है सोलन में एक समारोह में उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है उन्होंने कहा कि सोलन प्रदेश का तीव्र गति से विकसित होता ज़िला है और सोलन ने देश के विभिन्न राज्यों के निवासियों और संस्कृतियों को समाहित किया है राजीव बिंदल ने सभी से स्वच्छता अपनाने और हिमाचल को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग देने का भी आह्वान किया सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि पिछले दो वर्षो में प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हुआ है सोलन ज़िले के चामत भड़ेच में एक मेले के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि धर्मशाला में हाल ही में हुई इन्वैस्टर्स मीट में प्रदेश के विविधि विकास की नई इबारत लिखी गई है उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन पर्यटन पन विद्युत कृषि खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास का माध्यम बनेगा इस बीच हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंजुआना में एक कार्यक्रम में औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगने से जहां अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी वहीं रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे

इसे लेकर ज़िला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मेले का शुभारंभ करेंगे जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे

रेण्का मेला उधर सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या स्थानीय कलाकारों के नाम रही कार्यक्रम के दौरान पॉलिथीन का प्रयोग न करने एचआईवी एड्स सहित प्राकृतिक आपदा निपटान पर आधारित नाटक का भी मंचन किया गया समारोह में उपायुक्त आरके परूथी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे शहीद सोलन जिले के सुबाथू के शहीद सैनिक भीम बहादुर पुन आज पंचतत्व में विलीन हो गए उनकी राजकीय सम्मान के साथ अन्तेष्टि की गई

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने प्रदेशवासियों की ओर से शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की